नामांकन कल तक भरे जा सकेंगे

और उसके तुरंत बाद परिणाम जारी किये जायेंगे

चुनाव चार चरणों में होंगे

श्री गहलोत ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस माध्यम से रिफाइनरी परियोजना की उच्चस्तरीय समीक्षा की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिफाइनरी को पूरी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता के आधार पर पूरा करना चाहती है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए सहभागी कम्पनी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के साथ सभी स्तर पर पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए श्री गहलोत ने कहा कि परियोजना की नियमित मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जाएगी

इस अवसर पर मुख्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया

पुलिस कोचिंग की आड़ में नकल कराने वाले गिरोह को चिन्हित किया गया है और उनकी निगरानी जारी है उन्होंने आश्वस्त किया कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जाएगी

आंदोलन के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा है

उधर राज्य सरकार की ओर से आंदोलनकारियों से लगातार समझाइश के प्रयास जारी है कल सरकार की ओर से आईएएस नीरज के पवन गुर्जर नेताओं से वार्ता करने के लिए पीलूपुरा पहुंचे उन्होंने गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से बातर्चीत की हालांकि अभी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है इसको लेकर आज फिर वार्ता होने की संभावना है

शिक्षा विभाग ने इस संबंध में कल आदेश जारी कर दिए

कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को अखण्ड सुहाग की कामना के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं इस दौरान दिनभर उपवास रखकर चौथ माता की पूजा अर्चना करती है और अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती है सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में आज सुबह से ही महिलाएं चौथ माता के दर्शन के लिए पहुंच रही है कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए विशेष बंदोबस्त किए गए हैं

हालांकि कुछ जिलों में तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई है